चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित बायोपिक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज करेगा रिपोर्ट पेश पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने आज जयपुर में जेएलएन मार्ग पर आदर्श पथ का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोगों से भारी मतदान करने की अपील की है अपने संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि अधिक से अधिक युवा वोट डालेंगे

आज बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अर्जुनराम मेघवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में आज भाजपा के बडे नेता चुनावी सभा करेंगे उधर बीकानेर से कांग्रेस प्रत्याशी मदन गोपाल मेघवाल भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे इसके बाद दोपहर को मदन गोपाल मेघवाल के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई बडे नेता जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा से गठबंधन कर चुकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के नेता हनुमान बेनीवाल भी आज नागौर संसदीय सीट से अपना पर्चा भरेंगे

आयोग के लिये फिल्म निर्माताओं ने विशेष स्कीनिंग का आयोजन किया था जिसमें सात अधिकारी मौजूद थे स्क्रीनिंग के बाद आयोग की टीम आज अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी इसके बाद ही फिल्म की रीलिज को लेकर अंतिम फैसला होगा गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगे होने के दौरान किसी भी तरह की बायोपिक पर प्रतिबंध लगा दिया था

आयोग ने लाईव कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति दे दी है इससे पहले आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने नमो टीवी से बिना अनुमति के दिखाई जा रही सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश दिया था

अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने बताया कि कल हो रहे इस राष्ट्रीय व्यापारी महासम्मेलन में देश के हजारों व्यापारी शामिल होंगे व्यापारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मोदी अर्थव्यवस्था के विकास और बेहतर कारोबारी माहौल पर चर्चा करेंगे

इसके तहत आज जिलेभर में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिये लोगों को मतदान का संदेश दिया

अधिकतर इलाकों में कल सुबह से ही अंधड ओले और बारिश का दौर जारी रहा

वहीं कई स्थानों पर भारी नुकसान भी पहुंचा है आपदा प्रबंधन सचिव आशुतोष एटी पेडणेकर ने सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट सौंप दी है

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने नुकसान प्रभावित इलाकों में जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट लेते हुए उन्हें पाबंद किया है कि नुकसान का जल्द आंकलन किया जाये

भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल हुई तेज बारिश के बाद यहां भी किसानों की फसले खराब हो गई है

पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने जवाहर सर्किल से गौरव टावर पुलिया तक पहले चरण के तहत इस आदर्श पथ का उदघाटन किया

इनकी रोकथाम के लिये यातायात नियमों की पालना आवश्यक है

वहीं मोटर व्हीकल एक्ट की पालना कराई जायेगी यातायात नियमों को तोडने वालों पर कार्रवाई की जायेगी

एक बयान में कपनी ने कहा है कि ऋण देने वाले किसी भी बैंक या किसी अन्य स्रोत से धन नहीं मिल रहा है